रांची समेत राज्य के कई हिस्सों मे अगले चार दिनों तक न्यूनतम तापमान मे गिरावट और तेज हवा चलने का मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान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

अदालत ने किसान संगठनों और सरकार के बीच बने गतिरोध को हल करने तथा बातचीत का रास्ता निकालने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का भी गठन किया है मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जो लोग इस गतिरोध को दूर करने के लिए वास्तव में इच्छक हैं वे समिति के समक्ष अवश्य उपस्थित होंगे उच्चतम न्यायालय की यह पीठ संसद द्वारा पारित तीन नए क्रषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी पीठ ने कहा कि हम इन कानूनों की वैधता के बारे में चिंतित हैं तथा प्रदर्शनों के कारण नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए भी गंभीर हैं मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि गठित की गई समिति कोई आदेश पारित नहीं करेगी और न ही किसी को देंड देगी बल्कि वह अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत करेगी उन्होंने कहा कि इस मामले में समिति न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है

आज दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिये संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राजनीति सार्थक बदलाव का रचनात्मक माध्यम है नौजवानों को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि अगर वे राजनीति में नहीं आये तो वंशवाद की राजनीति के जहर से लोकतंत्र कमजोर होता रहेगा

श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के उपदेशों से प्रेरित होकर सरकार भारतीय नौजवानों की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामीजी ने अध्यात्म राष्ट्रवाद तथा राष्ट्र निर्माण और मानवता की सेवा के बारे में जो विचार व्यक्त किये उनका आज भी हमारे देश के लोगों के मन पर असर है

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि युवाओं का सशक्तीकरण समूचे देश का सशक्तीकरण है

नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि आज नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक और बड़ा अभियान शुरू हुआ है उन्होंने कहा कि कोरोना टीकों को ले जाने के लिए पहली दो खेप पुणे से दिल्ली और चेन्नई के लिए रवाना की गईं एक ट्वीट में श्री पुरी ने कहा कि पुणे से टीकों की साढ़े छप्पन लाख खुराक को लेकर आज नौ उड़ानें दिल्ली चेन्नई कोलकाता ग्रवाहाटी शिलांग अहमदाबाद हैदराबाद विजयवाड़ा भुवनेश्वर पटना बेंगलुरू लखनऊ और चंडीगढ़ के लिए रवाना की गई इधर सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज कहा कि पुणे से कोलकाता और देश के अन्य भागों में कोविड के टीके रवाना किए जा रहे हैं और विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि टीके के डिब्बे पर लिखा हुआ वाक्य सभी रोगों से मुक्त हो स्वयं भारत की मंशा को स्पष्ट करता है

झारखंड में टीकाकरण और कोल्ड चेन मैनेजमेंट को लेकर व्यवस्था द्रुस्त करने का काम तेज गति से चल रहा है स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राज्य में टीकाकरण के लिए लगभग नब्बे लाख लोग चिन्हित किए गए है पहले चरण में साढ़े तीन लाख हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना टीका लगाया जाएगा

फिलहाल एक हजार तीन सौ बिरासी लोग कोरोना संक्रमित है राज्य में स्वस्थ होने वालों की दर बढकर छियान्बे दशमलव चार प्रतिशत है

जिले में इसके लिए छह टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं इसमें सदर अस्पताल सेंट्रल अस्पताल एसएनएमएमसीएच झरिया सीएचसी टुंडी सीएचसी और तोपचांची सीएससी शामिल है इसके अलावा समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित ग्यारह और टीकाकरण केंद्र बनाने की तैयारी हो रही है इधर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा आज टीकाकरण से जुड़े कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया टीकाकरण अभियान की मॉनिटरिंग के लिए जिलास्तर पर कंट्रोल रुम बनाया गया है जिले में पहले चरण में टीकाकरण के लिए लगभग चौदह हजार लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा यह कार्यक्रम आज रात साढ़े नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है नई दिल्ली स्थित जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर संजय पांडेय परिचर्चा में भाग लेंगे

बैठक में एलटीएच और नन एलटीएच को जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में पुनर्वासित करने के लिए जनप्रतिनिधियों से राय ली गई बैठक में सांसद पश्पतिनाथ सिंह ट्रंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो धनबाद विधायक राज सिन्हा झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो और निरसा विधायक अपर्णा सेनगुप्ता ने अपने सुझाव रखे इस दौरान उन्होंने स्मार्ट सिटी के साथ साथ स्मार्ट गांव बनाने का भी सुझाव दिया लातेहार जिला में विभिन्न आवास योजनाओं के तहत अध्रे आवासों का निर्माण कर एक माह के अंदर प्ररा किया जाएगा

एक शिक्षक ने उनके खिलाफ एसीबी में रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि उन्हें विद्यालय से अनुपस्थित रहने को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया था लेकिन लिपिक ने रिश्वत नहीं देने पर निलंबित कराने की धमकी दी थी

प्रशिक्ष् आईएएस दिलीप सिहं शेघावत के नेतृत्व में छापेमारी टीम ने नदी के पास से उन्नीस ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया है इस सिलसिले में बालू का अवैध कारोबार करने को लेकर तीन लोगों के खिलाफ प्राधमिकी दर्ज की गई है हजारीबाग मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा का शव पतरातू डैम से मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने आज कॉलेज के हॉस्टल में उसके दोस्तों से पूछताछ की ज्ञात हो कि कल छात्रा अपने हॉस्टल से एग्जाम देने के लिए निकली थी लेकिन वह कॉलेज नहीं पहंची इसे लेकर लोहसिंहना थाना में गुमशुदगी का सनहा भी दर्ज कराया गया था आज उसका शव पतरातू डैम से बरामद किया गया युवाओं के प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम र्वेकैया नायडु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की स्वामी विवेकानंद की जयंती देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने कहा कि स्वामीजी समूची मानवता खास तौर पर युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत थे उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वामीजी असाधारण प्रतिभा वाले विद्वान के साथ साथ अनोखे वक्ता और सच्चे राष्ट्रवादी थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद अपने विचारों और कार्यो से भारत की संस्कृति और चेतना का मुर्तिमान रूप थे मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि स्वामी जी के विचार और आदर्शो को अपनाकर ही समुद्ध समाज का निर्माण हो सकता है पूर्व मुख्यमंत्री रघ्वर दास ने कहा कि विवेकानंद जी के सिद्धांत और आदर्श हर किसी के लिए अनुकरणीय हैं

इस दौरान सुबह में कोहरा छाए रहने और न्यूनतम तापमान में सात डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की उम्मीद है इसके अलावा हवा की गति बढ़ने की संभावना है हालांकि दिन में मौसम साफ रहने की संभावना है तापमान गिरने और तेज हवा चलने से ठंड और कनकनी बढ़ेगी

एक महिला ने पड़ोसियों द्वारा मारपीट करने की सूचना परसन ओपी प्रभारी को दी थी

झारखंड प्रदेश कांग्रेस के द्वारा राज्य स्तरीय सदस्यता अभियान की शुरुआत आज रामगढ़ से की गई इस कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सह वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव एवं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख और विधायक ममता देवी मौजुद थी लोहरदगा जिले में डायन प्रथा उन्मूलन अभियान के तहत लोगों को जागरुक करने के लिए प्रचार रथ को उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस प्रचार रथ के द्वारा अगले सात दिनों के भीतर सभी पंचातयों में जाकर डायन प्रथा उन्मूलन के लिए कई जानकारियां दी जायेंगी